राष्ट्रीय वयोश्री योजना केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृद्धजनों और दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने और उनके सम्मान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं

इस अवसर पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को जीवन सहायक और कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए

हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हैं

या नहीं इसके बावजूद कोविड वक्तसीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत होगी कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वक्सीन अन्य देशों में विकसित वक्तसीन जक्री ही असरकारक होगी

बेस चिकित्सालय में अत्याध्निक लब बनकर तथ्वार हो गयी हथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल यादव ने इसकी जानकारी दी यहां लब्ब बनने से अल्मोड़ा के अलावा पिथौरागढ़ बागेश्वर और चंपावत जिले के लोगों को भी लाभ मिलेगा

कोविड डाइग्नोस्टिक लब्ब के नोडल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र देवरारी ने बताया कि लब्ब में जांच के लिए सारी अत्याध्निक मशीनें लगाई गई हैं सोमवार से चारों जिले से थ ये कोविड सम्मपलों की जांच श्रू कर दी जाएगी

इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए स्थानों पर घर घर जाकर टीबी के रोगी खोजे जाने हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं ह ् ह े इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी हण इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को मास्क दवाइयां और सम्रिटाइजर भी वितरित किए

इससे पहले विधानसभा परिसर में अग्निशमन विभाग ने विधानसभा के अधिकारियों और कर्मियों को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण दिया विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण का जायजा लिया शीतकालीन सत्र में सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों में या देहरादून स्थित विधायक निवास में सत्र से पहले कोरोना का रामिड टेस्ट रटी पीसी र टेस्ट कराना अनिवार्य होगा सत्र के दौरान टेस्ट की रिपोर्ट विधानसभा को देनी होगी इसके अलावा प्रवेश दवार पर सभी लोगों की थर्मल स्कनिंग की जायेगी

सत्र के दौरान ग्र्म सरकारी व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अन्मति प्राप्त नहीं होगी मीडिया कर्मियों के लिए विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया हाउस की व्यवस्था की जाएगी मौसम प्रदेश में बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई हण मौसम विभाग के मुताबिक मद्दानी क्षेत्रों विशेषकर ऊधमसिंहनगर और हरिदवार जिलों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की म्श्किलें बढ़ा सकते हैं